हजारीबाग और चतरा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक सप्ताह के लिए किया गया संपूर्ण लॉकडाउन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आज दोपहर दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए पूरे राज्य में भारी बारिश और वज्रपात के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट पिछले चौबीस घंटे में राज्यभर में रिकॉर्ड दो सौ संतावन कोरोना संक्रमित मरीजों की पुश्टि हुई राजधानी रांची में सर्वाधिक उनसठ मरीज मिले वहीं लातेहार में छियालीस सीआरपीएफ के जवान संक्रमित पाये गये इसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या चार हजार दो सौ पैंतीस हो गयी है बोकारो से पांच चतरा से दस देवघर से तीन धनबाद से ग्यारह दुमका से चार पूर्वी सिंहभूम से उन्नीस कोडरमा से छब्बीस गिरिडीह से इक्कीस लातेहार से तैंतालीस और पाकुड़ से ग्यारह संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं गोड्डा से छह हजारीबाग से चार लोहरदगा से पांच पलामू से तीन रामगढ़ और साहिबगंज से छह छह मरीज पाये गये हैं इधर चौबीस घंटे में राज्य में चार और मौतें हुई हैं जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा सैंतीस हो गया है अभी एक हजार सात सौ सतर मरीज सक्रिय हैं जिनका इलाज किया जा रहा है जबकि दो हजार चार सौ अठाइस रोगी स्वस्थ हो चुके हैं इधर राज्य में स्वस्थ होने की दर संतावन दशमलव तीन प्रतिशत पर पहुंच गयी है राज्य में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है पिछले एक हफ्ते में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हजारीबाग और चतरा जिले में एक सप्ताह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है दोनों जिलों के प्रशासन ने पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है लॉकडाउन आज से बाइस जुलाई तक जारी रहेगा दोनों जिलों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी अस्पताल दवा दुकानें सब्जी किराना फल और दूध की दुकानें खुली रहेंगी इन दोनों जिलों की सीमा पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है प्रशासन ने बेवजह घरों से निकलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है झारखंड में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रैपिड एंटिजन टेस्ट किया जायेगा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परषिद आइसीएमआर ने राज्य सरकार को इसके लिए पंद्रह हजार टेस्ट किट उपलब्ध कराया है राजधानी रांची समेत लगभग पंद्रह जिलों में अगले एक दो दिनों में यह टेस्ट शुरू हो जायेगा इसकी रिपोर्ट आधे घंटे में मिल जायेगी इधर आइसीएमआर ने राज्य को चिट्टी लिखकर कहा है कि राज्य सरकार परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाये और इसमें रैपिड एंटिजन टेस्ट मददगार साबित होगा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

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने भारतीय जनता पार्टी पर राज्य में गठबंधन की सरकार को गिराने के प्रयास करने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा है कि प्रदेश भाजपा सत्तारूढ़ दलों के चार विधायकों को प्रलोभन देकर राजनीतिक अस्थिरता लाने का प्रयास कर रही है श्री उरांव ने कहा है कि उनके सारे विधायक एकजुट हैं बोकारो जिले के रानीपोखर निवासी प्रकाश चंद्र राय ने आत्म निर्भर बनने की ओर कदम बढ़ाया है प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत उन्होंने अठारह लाख रुपए ऋण लेकर शुद्ध और स्वच्छ जल बनाने का संयंत्र स्थापित किया है

यहां काम करते हुए वे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं

विद्यार्थियों को एसएमएस के जरिए उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई मेल आईडी पर भी परिणाम भेजे जाएंगे

विद्यार्थी उमंग ऐप और उमंगजीओवी आईएन पर भी परिणाम देख सकते हैं उमंग ऐप पर डिजिलॉकर एप्लिकेशन से मार्कशीट और अन्य डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज देखे जा सकते हैं धनबाद जिले में कोल इंडिया ने स्पेशल स्पॉट ई ऑक्शन स्कीम दो हजार बीस की शुरूआत की है

राज्य सरकार ने पंद्रह जिलों के उपायुक्तों का तबादला किया है इसके साथ ही तीन प्रतिक्षारत अधिकारियों की पदस्थापना भी की है छविरंजन रांची के उपायुक्त बनाये गये हैं राजेश कुमार पाठक को गढ़वा शशिरंजन को पलामू चितरंजन कुमार को साहिबगंज दिलीप कुमार टोप्पो लोहरदगा शिशिर कुमार सिन्हा गुमला राजेश सिंह बोकारो कमलेश्वर प्रसाद सिंह देवघर उमाशंकर सिंह धनबाद सुरज कुमार जमशेदपुर दिव्यांशु झा चतरा सुशांत गौरव सिमडेगा फैज अक अहमद जामताड़ा भोर सिंह यादव गोड्डा और शशिरंजन खूंटी उपायुक्त बनाये गये हैं प्रतिक्षारत पदाधिकारी मनीष रंजन को कोल्हान प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है राजेश कुमार शर्मा सूचना एवं प्राद्योगिकी विभाग का सचिव और के श्रीनिवासन को खान भूतत्व विभाग का प्रधान सचिव निय्क्त किया गया है लोहरदगा जिले में पुलिस ने कल एक लाख रूपये के इनामी उग्रवादी को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में मोहीन अंसारी तथा एक लाख इनामी टीपीसी नक्सली सलीम अंसारी उर्फ कलीम अंसारी को गिरफ्तार किया है गिरफ्तारी के दौरान इन लोगों के पास से देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है इधर जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस ने साइबर अपराध में संलिप्त दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवकों के पास से वाहन इकतीस हजार रुपये नकद मोबाइल तेइस सिमकार्ड और कई दस्तावेज बरामद हुए हैं गोड्डा पुलिस ने झारखंड बिहार सीमा पर विस्फोटक से लदे एक ट्रक को जब्त किया है ट्रक पर करीब छह हजार किलोग्राम जिलेटिन और डेटोनेटर बरामद किया गया है गोड्डा पुलिस अधीक्षक वाई एस रमेश ने बताया गोड्डा के महागामा के मोहनपुर चौक पर पुलिस गश्ती और जांच की कड़ी व्यवस्था थी ट्रक पर सवार व्यक्ति शरफू खान से पूछताछ की जा रही है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों में राज्यभर में भारी बारिश और वजपात की चेतावनी जारी की है विभाग ने कुछ जिलों ऑरेंज अलर्ट जारी किया है इसबीच विभाग ने कहा है कि राज्य में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है अभीतक राज्य में समान्य वर्षा हो चुकी है कल राजधानी रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई पलामू में सबसे अधिक वर्षा तिरानबे दशमलव दो मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया

यह किट आईआईटी दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है यह जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने दी है झारखंड उच्च न्यायालय दो दिन बाद आज से खुल जायेगा जहां विशेष मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी हाई के एक चीफ जस्टिस के सुरक्षाकर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हाईकोर्ट को दो दिनों के लिए बंद कर पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया कोडरमा जिले में मंगलवार रात तक छब्बीस पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है इनमें जिला खनन पदाधिकारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं इससे पहले खनन विभाग का एक कर्मी संक्रमित पाया गया था वहीं छब्बीस नए मामलों में कोडरमा डोमचांच और जयनगर प्रखंड के लोग शामिल हैं

राज्य के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां आज राज्य में प्रकाशित लगभग सभी हिंदी अखबारों ने राज्य में एक दिन में रिकार्ड दो सौ सैंतालिस मरीज मिलने की खबर को प्रमुखता दी है दैनिक हिंदुस्तान ने राजधानी रांची के हर क्षेत्र में संक्रमित मरीज मिलने की खबर को प्रकाशित किया है लिखा है रांची के कोने कोने में फैला कोरोना साथ ही राज्य में कोरोना की जांच मानक से कम होने की खबर भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है कोरोना वायरस के बढ़ते संकमण को देखते हुए हजारीबाग जिले में सात दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन किये जाने की खबर को दैनिक भास्कर और रांची एक्सप्रेस ने प्रमुखता दी है इस अखबार ने राज्य में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू होने की खबर भी पेज एक प्रकाशित की है वहीं प्रभात खबर ने हजारीबाग और चतरा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की खबर प्रकाशित की है सीबीएसई की मैट्रिक परीक्षा के परिणाम आज जारी होने की खबर को सभी अखबारों ने अपने पहले पेज पर जगह दी है दैनिक जागरण और प्रभात खबर ने मध्यप्रदेश राजस्थान के बाद अब झारखंड में राजनीतिक उठापटक शुरू होने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है अखबार लिखता है भाजपा हमारे विधायकों को दे रही प्रलोभन राज्य से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने बिहार में पंद्रह जुलाई से इकतीस जुलाई तक फिर से लॉकडाउन की खबर को जगह दी है वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में इलाज की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है